जवानों को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हैं सैनिकों के परिजनों के बलिदान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि यह दीपावली सैनिकों के साथ मनाए जाने के बाद ही पूरी होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रणनीति स्पष्ट है और वह आपसी समझ तथा दूसरों को समझने का अवसर देने की नीति पर विश्वास रखता है सरकार खेलो इंडिया केन्द्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पांच सौ गैरसरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी यह सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले चार वर्षो तक दी जाएगी योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी संस्थान के कोच के स्तर खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेलकर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैरसरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गैरसरकारी संस्थानों को सहायता देना जरूरी है ताकि देश के दूरदराज के इलाकों में भी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके

वहीं आज महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर ये जयंती मनाई जाती है इस मौके पर भगवान विश्वकर्मा से संबंधित मंदिरों में कारीगर अपने औजारों के साथ पारंपरिक पूजा अर्चना और सुखद भविष्य की कामना करते हैं

दीपावली रोशनी का पर्व दीपावली कल प्रदेश भर में ध्मधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया रात के समय लोगों ने अपने घरों में श्रीगणेश व मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख व समृद्धि की कामना की पूरे देश की तरह इस बार दिवाली पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रदेश में भी साफ असर दिखाई दिया कोर्ट के आदेशानुसार दिनभर पटाखे फोड़ने पर रोक रही और केवल रात को आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाए गए प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस विभाग और प्रदूषण नियंत्रण को न्यायालय के आदेशों की अनुपालना की सख्त हिदायत दी गई थी

इसी तरह मनाली में भी एक होटल में भी आग लग गई जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं वहीं जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर कल से हल्की बर्फबारी का दौर जारी है जिससे ज़िले में ठण्ड बढ़ गई है